पीयूष गोयल केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी ने सभी वर्गो को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है उन्होंने व्यापारिक समुदाय से आग्रह किया कि वे टैक्स की चोरी करने वालों का पर्दाफ़ाश करें और उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल प्रदान करें श्री गोयल कल भोपाल में व्यापारिक समुदाय से संवाद कर रहे थे उन्होंने व्यापारियों से कहा कि प्रधानमंत्री ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया है और वे संगठित व्यापार के माध्यम से प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में अपना सहयोग दें श्री गोयल ने जीएसटी लागू करने में मध्यप्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि जीएसटी लागू करने में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और व्यापार मित्र व्यवस्थाएं स्थापित की हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित विभिन्न व्यापारी संघो के प्रतिनिधि उपस्थित थे रेल पहचान रेल मंत्रालय ने यात्रा के दौरान मुसाफिरों की पहचान के सब्रत के तौर पर उनके डिजिटल लॉकर के आधार और ड्राइविंग लाइसेंस को मंजूरी दे दी है एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री अपने डिजी लॉकर खाते में लॉग इन कर दस्तारवेज सेक्शन से आधार और ड्राइविंग लाईसेंस दिखाता है तो उन्हें पहचान का मान्य सबूत माना जाएगा कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के जरिये शयनयान और द्वितीय श्रेणी में बैठकर यात्रा करने का टिकट आरक्षित करने पर फोटो लगे राशन कार्ड और राष्ट्रीयक़त बैंक पासबुक की सत्यापित फोटोकॉपी भी मान्य होंगी जल प्रदाय योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के उदयपुरा के साथ प्रदेश के सात सौ स्थानों पर समूह नल जल योजनाओं का लोकार्पण किया

इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किये जा रहे कार्यो से मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल गई है इस मौके पर अन्य शासकीय योजनाओं का हितलाभ भी वितरित किया गया एक सौ छप्पन करोड़ रूपये की लागत की इस योजना के तहत उदयपुरा और आसपास के कई गॉवों तक नर्मदा नदी का पानी पहुँचाया जायेगा विकास पर्व प्रदेश के नगरों का विकास पर्व आज सागर जिले के बामोरा में आयोजित किया जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे इस अवसर पर अमृत स्मार्ट सिटी स्वच्छ भारत मिशन पेयजल अधोसंरचना विकास और अन्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जायेगा विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री राज्य के सभी नगरीय निकायों में कुल ग्यारह हजार दो सौ तैतीस करोड़ रूपये की लागत के एक सौ चौसठ कार्यो का भूमिपूजन और लोकॉर्पण करेंगे

अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए जबलपुर के कृष्णकांत चतर्वेदी भोपाल की उषा जायसवाल ग्वालियर के जगदीश तोमर अण्डमान के डॉक्टर व्यासमणी त्रिपाठी और जयपुर के इन्दुशेखर तत्तपुरूष को चुना गया है प्रदेश के नौ साहित्यकारों को प्रादेशिक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है अखिल भारतीय पुरस्कार के तहत एक लाख रूपये और प्रादेशिक पुरस्कार के तहत इक्यावन हजार रूपये की सम्माननिधि दी जाती है प्रदेश के चालीस रचनाकारों को पाण्डुलिपि सहायता अनुदान के तहत बीस बीस हजार रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी वहीं साहित्य अकादमी ने छह प्रादेशिक बोलियों पर आधारित रचनाओं के पुरस्कार के लिए नौ जुलाई तक आवेदन बुलाये हैं रेल मांग जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल प्रवास पर आये रेलमंत्री पीयूष गोयल से दतिया में रेल सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया है उन्होंने दतिया मॉ पीताम्बरा पीठ के साथ ही पर्यटन महत्व के अन्य स्थानों को देखते हुए गोंडवाना संपर्क कांति और सचखंड एक्सप्रेस के स्टापेज करने का आग्रह किया इसके अलावा डॉक्टर मिश्रा ने दतिया में प्लेटफार्म के विस्तार और डबरा में श्रीधाम एक्सप्रेस के स्टापेज की भी मांग रखी

उन्होंने कल बड़वानी में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए पलायन करने वाले परिवारों के संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिये उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को दिये जाने वाले नाश्ते की गुणवत्ता में भी सुधार करने पर जोर दिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि बड़वानी जिले में मानव विकास सूचकांको में सुधार के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन महिला शक्ति केन्द्र बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं और वन स्टाप सेंटर सखी की स्वीकृति प्रदान की है डॉक्टर कुमार ने कहा कि मोदी सरकार देश के पिछड़े और दुरस्त जिलों में मानव विकास सूचकांको में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है मण्डी कार्यकाल राज्य सरकार ने मंडी समितियों का बढ़ा हुआ कार्यकाल जो सात जुलाई को समाप्त हो रहा है उसे आगामी छह महीने या मंडी समितियों का नया निर्वाचन होने तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है मानसून और विभिन्न फसलों के उपार्जन और अन्य कृषि गतिविधियों को देखते हुए नियत समय में निर्वाचन संभव न होने के कारण ये कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है लाड़ली लक्ष्मी लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को हितलाभ भुगतान के लिए गठित लाड़ली लक्ष्मी निधि में अब तक चार हजार चार सौ तिरेपन करोड़ रूपये जमा किये जा चुके हैं इस निधि में जमा राशि से हितग्राही बालिकाओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति और अंतिम भुगतान की व्यवस्था है महिला और बाल विकास विभाग ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का कियान्वयन हर स्तर पर नियमानुसार किया जा रहा है और हितग्राहियों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है

इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहेंगे नोडल अधिकारी संयुक्त संचालक राजश्री राय ने बताया कि इस कार्यशाला सह प्रशिक्षण में स्वास्थ्य सेवायें शिक्षा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग आयुष विभाग और पुलिस विभाग सहित एम्स नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर संजय वाधवा भी शामिल होंगे मौसम वर्षा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में कल सुबह तेज धूप के बाद दोपहर में बादल छाने के साथ तेज बारिश हुई करीब एक घंट में डेढ़ इंच वर्षा रिकार्ड की गई मौसम विभाग ने अगले चार पांच दिनों तक भोपाल और राज्य के अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई है राजगढ़ में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई प्रदेश में एक जून से कल तक की अवधि में छह जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है सत्ताईस जिलों में सामान्य वर्षा हुई है वहीं सत्रह जिले कम वर्षा और एक जिला कटनी अल्पवर्षा वाला जिला है

क्वार्टर फाइनल में कल बेल्जियम ने पांच बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को दो एक से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया

प्रतियोगिता के अन्य क्वार्टर फाइनल में आज शाम साढ़े सात बजे इंग्लैंण्ड का मुकाबला स्वीडन से और रात साढ़े ग्यारह बजे रूस का सामना क्रोएशिया से होगा